वहीं भाजपा ने निकाली विजय संकल्प रैली

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा बाजार बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अँब भी कोरोना संक्रमण है इस स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं को बढाने लोगों को और अधिक जागरूक करने और अधिक सुविधाएं देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि देश में कम हो रहे संक्रमण के मामलों के दौर को खूशी से मनाने की बजाए इससे निपटने के लिए संकल्प व्यवहार तथा व्यवस्थाओं को और मजबूती देनी चाहिए श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्य होगी हर व्यक्ति को इसका टीका लगाया जायेगा और कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा मरवाही उपचुनाव प्रचार मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अपने चरम पर पहुंच गया है इस उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को मतदान होगा इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक नेता उम्मीदवार और उनके समर्थक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मरवाही के डोंगरिया कोडगार और जोगीसार गांव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर के के ध्रव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लालपुर सिवनी और कोटमी में चुनावी सभाएं लीं साथ ही सांसद ज्योत्सना महंत ने भी पिपलामार में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया इसके अलावा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाएं लीं वहीं भाजपा द्वारा मरवाही में विजय संकल्प रैली निकाली गई इस रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय सांसद गोमती साय विजय बघेल और रामविचार नेताम भी शामिल हुए इन नेताओं ने मरवाही विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंमीर सिंह के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित भी किया इसके अलावा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मरवाही में जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया इस दौरान उन्होंने जनचौपाल को भी संबोधित किया श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास जनकल्याण और विकास के नाम पर कोई योजना नहीं है भाजपा के विधायक नारायण चंदेल और शिवरतन शर्मा ने भी आज चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया मरवाही उपचुनाव इस बीच भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने केन्द्रीय चुनाव पर्यवेक्षक जयसिंह से मुलाकात कर मुलाकात विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की श्री अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी पर प्रशासनिक तंत्र का द्रूपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है श्री अग्रवाल ने केन्द्रीय चनाव पर्यवेक्षक से प्रत्येक मतदान केन्द्र में अंतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की है इस बीच गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने चुनाव खर्च समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर चार उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है उन्होंने बताया कि इन अभ्यर्थियों को व्यय का व्यौरा प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए सेक्टर और सहायक सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली इस दौरान उन्होंने बताया कि एक और दो नवंबर को मतदान दलों की मतदान केन्द्रों के लिए रवानगी की जाएगी उन्होंने बताया कि प्रत्येक दो घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी एकत्रित करने के लिए विशेष रूप से कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है बैठक में उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भ्रमण करके बिजली पॉनी और शौचालय की व्यवस्था के साथ मतदान पर्ची वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मरवाही विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर तीन नवंबर को मतदान दिवस पर चुनाव क्षेत्र में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है इस बीच केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र सहित बारह दस्तावेजों को मान्यता दी है इनमें आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक पैनकार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा कार्ड फोटोयक्त पेंशन दस्तावेज के साथ ही सांसदों और विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र के अलावा रजिस्टार जनरलै ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य किया गया है पुलिस शौर्य पदक छत्तीसगढ राज्य स्थापना दिवस पर आगामी एक नवम्बर को उत्कष्ट कार्य के लिए प्रदेश के सात पृलिस जवानों को शौर्य पदक से सम्मानित किया जाएगा गृह मंत्री ताम्रध्वज साह ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी पुलिस जवानों को बधाई और श्रमकामनाए दी है उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था और जनसेवा के लिए पुरस्कार भिलना गौरव की बात है इससे प्रेरणा भी मिलती है प्रलिस शौर्य पदक दो हजार बीस के लिए चयनित पुलिस जवानों में निरीक्षक मोहसिन खान उपनिरीक्षक जितेंद्र एसैया सुकमा सहायक उपनिरीक्षक गणेश करमरका प्रधान आरक्षक रामलाल कश्यप और कुट्मथ राव के अलावा आरक्षक देवा आनंबम तथा आरक्षक गोपी इस्ताम शामिल है यह पुरस्कार मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान दिया जाएगा माओवादी मुठमेड़ स्कमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी स्पेशल टॉस्क फोर्स एसटीएफ और कोबरा बटालियन के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे इस दौरान चिंतागुफा के दुल्लेड इलाके में छिपे माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक महिला माओवादी मारी गई

इसके तहत यात्री ट्रेनों में अकेली यात्रा करने वाली महिला की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है यात्रा के दौरान महिला आरपीएफ कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से महिला यात्रियों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है साथ ही उन्हें जागरूक कर उनकी सहायता की जा रही है इसी तरह महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर एक आठ दो के अलावा बिलासपुर के सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर भी चौबीस घंटे उपलब्ध कराए गए हैं वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की लिंक राजधानी अमरकंटक सारनाथ जनशताब्दी एक्सप्रेस के अलावा हावड़ा मुंबई मेल हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल में मेरी सहेली अभियान चलाया जा रहा है रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की शिकायत होने पर वे चलती ट्रेनों में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं इसके लिए रेलवे बोर्ड ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर श्रेणी के कोच एस वन में बर्थ संख्या तिरसठ तथा शताब्दी एक्सप्रेस के चेयरकार की कोच संख्या सी चार में सीट नंबर एक वहीं राजधानी एक्सप्रेस की पेंट्रीकार में बर्थ संख्या निश्चित की है इस बीच यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी छह नवंबर को दुर्ग रक्सौल और सात नवंबर को द्र्ग पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी ये दोनों ट्रेने तेईस कोचों के साथ केवल एक फेरे के लिए चलाई जाएंगी इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नैला चांपा स्टेशनों के बीच स्थित जांजगीर फाटक को आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए कल तीस अक्टूबर की रात आठ बजे से इकतीस अक्टूबर की रात आठ बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है कोरोना जागरूकता प्रदेश में बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है वहीं रिकवरी दर भी बढ़कर लगभग सत्यायसी प्रतिशत हो गई है लेकिन डॉक्टरों ने इस स्थिति में लोगों से निश्चिंत न होकर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सावधानियों को जारी रखने की अपील की है राजधानी रायपुर स्थित भीमराव अंबेडकर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने ठंड के मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है उन्होंने कहा है कि ठंड और प्रद्षण के माहौल में सांस की शिकायत वाले मरीजों को दिक्कत होती है ऐसे लोगों की स्थिति कोरोना संक्रमण होने पर चिंताजनक हो सकती है डॉक्टर सुंदरानी ने सभी लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने मास्क लगाने दो गज की दूरी का पालन करने और हाथों को साबुन से लगातार घोने की सलाह दी है उन्होंने युवाओं से लापरवाही न बरतने और अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखने की अपील की है इस बीच सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिरीक्षक जेएसएनडी प्रसाद ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

वे बयानवे वर्ष के थे पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है इस बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हीरा सिंह मरकाम का भी कल निधन हो गया राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है राज्यपाल ने कहा है कि श्री मरकाम ने जनजातीय समाज में जागरूकता फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके निधन से समाज को अप्रणीय क्षति पहुंची है

राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी लोगों को प्रेम समानता और सौहार्द्र का संदेश देता है मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत साहब के संदेश ख्रशहाल समाज बनाने की दिशा में हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे वहीं राजनांदगांव में आज ईद भिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर कार रैली निकाली गई वहीं कल नमाज के बाद शहर में जुलूस निकाला जाएगा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जगदलपुर के लालबाग में झीरम शहीद स्मारक का भूमिपूजन किया इस दौरान उन्होंने पांच सौ इकतालीस करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकपंर्ण और शिलान्यास किया रायपुर के पंडरी थाना में बीती शाम एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली इस मामले में पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने एक उप निरीक्षक सहित चार पुलिसकर्भियों को लाइन अटैच कर दिया है प्रदेशभर में इन दिनों दस दिवसीय पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में राजनांदगांव पुलिस लाईन में पुलिस बैंड की रंगारंग प्रस्तुति दी गई वहीं बच्चों और बड़ों के द्वारा आकर्षक रंगोली भी बनाई गई बालोद जिले के किसानों को सुविधाएं देने के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की ओर से चौदह नये धान खरीदी केन्द्र खोलने की तैयारी की जा रही है राजनांदगांव की छुईखदान थाना की पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि यह आरोपी हत्या और दृष्कर्म के मामले में पैरोल पर रिहा हुआ था जांजगीर चांपा जिले में एक युवक को पुलिस ने करीब एक लाख रूपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है कोरिया जिले की पुलिस ने चौबीस लाख रूपए से अधिक की ऑनलाइन घोखाघड़ी किए जाने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है महासमुंद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पांच लाख रूपए मुल्य की पचहत्तर पेटी शराब के अलावा एक ट्रक कार और आठ नग मोबाइल भी जब्त किए गए हैं